जमशेदपुर कोर्ट के अपर न्यायाधीश पांच सुभाष प्रसाद की अदालत में तीनों को सजा सुनाई गई

झारखंड के लिए राहत की खबर है

पहली बार कोरोना मरीजों को स्वस्थ्य होने की दर इक्यावन प्रतिशत से अधिक हो गई है प्रदेश में नौ सौ पांच मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

रांची से मिले संक्रमित मरीजों में रिम्स के दो चिकित्सक भी शामिल हैं कल पूर्वी सिंहभूम से चौदह सिमडेगा से चौदह रांची से नौ हजारीबाग से एक गुमला से एक चतरा से एक पश्चिमी सिंहभूम से एक और गिरिडीह से भी एक मरीज मिले हैं राज्य के पूर्वी सिंहमूम जिले में सबसे अधिक सक्रिय मरीज हैं

संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर दो दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है

परिषद जांच की सुविधा लगातार बढा रही है इसके लिए और अधिक सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी जा रही है

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शवों का सावधानी के साथ निपटान किया जाएगा

कॉल करने वाले इस नम्बर पर ओपीडी नियुक्तियां ले सकते हैं और स्वयंसेवकों से बात कर सकते हैं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

श्रोता स्टू डियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एवं नवरत्न कंपनी एनटीपीसी ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल को आठ वेंटीलेटर प्रदान किया है इसके साथ ही एनटीपीसी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइप लाइन व्यवस्था लगवा रही है इसके लगने से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज सुविधा उपलब्ध होगी

मंत्रालय ने बताया कि जारी प्रोटोकाल में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में इसका उपयोग सीमित उपलब्ध प्रमाणों पर आधारित है मंत्रालय ने कहा कि रेमडीसिविर का उपयोग आपात स्थिति में केवल उन रोगियों में किया जा सकता है जिनमें रोग की स्थिति मध्यम है लेकिन कोई विशेष प्रतिलक्षण नहीं हैं मंत्रालय का स्पष्टीकरण रेमडीसिविर की देश में उपलब्धता और नैदानिक प्रबंधन में उपयोग की मीडिया खबरों के बाद आया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है

साहेबगंज जिले के साहेबगंज प्रखंड के सकरी बाजार गांव के गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाम मिला है जिससे कोरोना संक्रमण के काल में उनका परिवार चल रहा है चतरा जिलें के गिद्वौर प्रखंड के किसानों के लिए मनरेगा कूप वरदान साबित हो रहा है कई किसानों का किस्मत मनरेगा कूप ने बदल कर रख दिया तो कई किसान आत्मनिर्भर बन गए

इसी उद्देश्य को तहत जिला प्रशासन ने रणधीर वर्मा चौक सहित जिले के अन्य चौक चौराहों पर एक विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत दो पहिया चार पहिया वाहनों में सवार लोगों पर निगरानी रखी जा रही है विशेष अभियान में रणधीर वर्मा चौक पर सिटी एसपी आर रामकुमार के साथ ग्रामीण एसपी अमित रेणू और डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार भी मौजूद रहे सिटी एसपी ने लोगों से अपील की कि घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने एवं शारीरिक दूरी का पालन करें उन्होंने बताया कि जिले के सभी हाट बजारो में खरीदारी करने वाले लोग और व्यापारी भी मास्क पहने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है उन्होंने बताया इस तरह का विशेष अभियान लगातार चलाया जाएगा

विभिन्न मीडिया मंचों में फैलाई जा रही फेक न्यूज से अपने श्रोताओं को सतर्क करने के लिए हम अपने फैक्ट चैक एंड मिथ बस्टर खंड मे भ्रामक खबरों से उन्हें आगाह करते हैं इन दिनों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से गूगल पर एक खबर फैलाई जा रही है जिसमें कहा गया है परिषद परीक्षा कराने के तरीके के बारे में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर कोई सर्वेक्षण कर रही है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं करा रही है और अब संक्षिप्त खबरें राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वैसे लाभूक जो राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं और उनका किसी कारणवश कार्ड निर्गत हो गया है वैसे लोग हर हाल में अपना राशन कार्ड सरेंडर करना सुनिश्चित करें जांच में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

सांसद ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यहां के लोगों से वार्ता की थी गिरिडीह जिले में केन्द्र और राज्य सरकार की एक हजार से अधिक योजनाओं की स्वीकृति दी गई है बाहर से आये प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के अलावा इन सभी योजनाओं में काम मिल सकता है